कल मनाये जाने वाले अंतराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरो पर

कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ इस मुद्दे पर बैठक हुई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए गठित की जाने वाली समिति एक समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी श्री सिंह ने बताया कि बैठक में अधिकतर राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन किया

इसके लिये सरकार ने आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग को नोडल विभाग नियुक्त करते हुए विभागीय समितियों के गठन के संबंध में परिपत्र जारी किया है आयुष मंत्रालय ने योग के लिए प्रोटोकाल जारी कर दिया है इस साल की थीम क्लाइमेट एक्शन रखा गया है इससे पहले कल जयपूर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वस्थवत्त और योग विभाग की ओर से योग जागरण पदयात्रा का आयोजन किया गया संस्थान के निदेशक प्रो संजीव शर्मा ने शंख ध्यनि के साथ इसे रवाना किया इस पदयात्रा में एक हजार से अधिक लोगों ने शिरकत की संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ काशीनाथ ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि योग के माध्यम से वर्तमान जीवनशैली से होने वाली बीमारियों खासकर डायबिटीज का उपचार संभव है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बीकानेर हाउस का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि बीकानेर हाउस दिल्ली में गेट वे ऑफ राजस्थान है ऐसे में इसे और बेहतर स्थान बनाने और यहाँ आरसी ऑफिस पर्यटन और सूचना केंद्र की मजबूती के साथ साथ कमियों को दूर किया जायेगा यहाँ आने वाले लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से हर जरूरी कदम उठाये जायेंगे

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पिछले दिनों परिवहन विभाग के अधिकारियों को विशेष टास्क फोर्स गठित कर बजरी के अवैध परिवहन और ओवरलोड के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे श्री खाचरियावास ने बताया कि कोटा में परिवहन कार्यालय के दो उड़न दस्तों ने पुलिस विभाग के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है

आयोग ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है मीडिया में प्रकाशित समाचारों के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया है

जिला कलेक्टर ने कल चारे डिपो के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के मामले में यह आदेश दिया

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को इस बीमारी से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं

चित्तौडगढ में भारी बरसात से शहर में नदी नाले उफान पर आ गये जिससे शहर में प्रवेश के सभी मार्ग अवरूद्व हो गये